एक जिले से एक उत्पाद के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्तराखण्ड का योगदान बढ़ाने और निर्यात में योगदान वृद्धि के लिये योजना बनाई जाएगी इसके लिये प्रत्येक जिले से एक विशेष उत्पाद का चयन किया जाएगा उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में शहद मशरूम फार्मा और हर्बल कम्पनी विशेष योगदान दे रहे हैं हर जिले से चयनित उत्पाद को केंद्र सरकार विशेष सब्सिडी देगा बैठक में बताया गया कि हिमालयी राज्यों में एक्सपोर्ध रैंकिंग में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया राज्य की एक्सपोर्ध पालिसी बना ली गयी है और एक्सपोर्ध कमिश्नर निय्क्त कर दिया गया है

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एन ीए ने कहा है कि कोविड महामारी के मद्देनज़र राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नी और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई कराते समय प्री सावधानी बरती जाएगी और सभी थ वश्यक उपाए किए जाएंगे एन ीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने बताया कि सभी परीक्षार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है

जेईई मेन के लिए करीब साढ़े सात लाख उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं

वे ज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडे कोर महानिदेशालय के डीजीएनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप का उदघा न कर रहे थे इस ऐप के माध्यम से एनसीसी कैड ों को देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि एनसीसी में एकता अन्शासन और राष्ट्र सेवा की शिक्षा प्रदान की जाती है उन्होंने कहा कि अनेक एनसीसी कैड सफलता के शिखर पर पहंचे हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह विख्यात खिलाड़ी अंजली भागवत पूर्व विदेश मंत्री स्षमा स्वराज और पूर्व रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर शामिल हैं

रक्षा मंत्री ने कहा कि निक् भविष्य में स्कूलों और कॉलेजों के ख्लने की संभावना नहीं है इसलिए डिजि ल माध्यम से एनसीसी कैड ों के प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है और डीजीएनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप इस उददेश्य को एक ही प्ले फॉर्म पर पूरा करता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजि ल इंडिया दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में यह ऐप एक साकारात्मक कदम है

डंपिंग जोन पर अव्यवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने नाराजगी जताई निरीक्षण में डंपिंग जोन पर जैविक और अजैविक कूड़ा एक साथ पाया गया जिस पर जिलाधिकारी ने उनको अलग कर निस्तारण और जैविक कूड़े से कम्पोस् बनाये जाने के लिए व्यवस्थित कम्पोस् पि बनाने के निर्देश दिए

केंद्रीय गृह मंत्रालय दवारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी स्निश्चित की जा रही है

कंट्रोल रूम में जिले की प्रत्येक गतिविधि की सूचना एकत्रित की जा रही है

इसके अलावा जिन लोगों को गाइडलाइन से छूँध दी जा रही है उनका भी डा ा एकत्रित करके जनपद के माध्यम से शासन को भेजा जा रहा है

राजधानी देहरादून में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है गढ़वाल और क्माऊं मंडल के क्छ जिलों में भी बारिश हो रही है

इसके अलावा अन्य पर्वतीय जिलों में भी कई सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है

पेयजब योजना अल्मोड़ा में कोसी मेला पेयजल योजना के स्दृढ़ीकरण का शिलान्यास और भूमि प्जन किया गया